प्रधानमंत्री ने भारत को असीमित सम्भावनाओं वाला देश बताते हुए कहा कि इस तरह के मंचों पर खुले मन से विचार विमर्श तथा मंथन से स्वस्थ चर्चा होती है और मुद्दों को समझने में मदद मिलती है

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत चाहता है कि खाड़ी क्षेत्र में स्थिति जल्द से जल्द शांत हो और वह इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण नेताओं के साथ बातचीत कर रहा है उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान संयुक्त अरब अमीरात जॉर्डन और ओमान के विदेश मंत्रियों के साथ इस मुद्दे पर बातचीत की है संकटग्रस्त क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो इस दिशा में कदम उठाए जायेंगे गौरतलब है कि राजस्थान के संबंध में सरकार का ये बयान महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से बडी संख्या में कामगार खाडी देशों में कार्यरत है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी केन्द्र से पश्चिम एशियाई देशों में काम कर रहे भारतीयों की सुरक्षा की योजना बनाने का आग्रह किया था

इनमें परिवार के पास शौचालय टीवी गाडी पीने का पानी और रसोई के उपयोग जैसे प्रश्न भी शामिल होंगे

पंचायत पुनर्गठन के मामले में उच्च न्यायालय के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिये गये स्थगन के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के कार्यक्रम में बदलाव किया है

इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी कर दिये गये है

गाइडलाइन के अनुसरण में अधिवक्ताओं और सबंधित पक्षकारों को प्रशिक्षण तथा आवश्यक सभी तैयारियां पूरी होने पर एक अधिसूचना जारी करने के साथ ही मुख्यपीठ तथा जयपुर पीठ में ई फाइलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी रजिस्ट्रार जनरल की ओर से इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी ने ई फाइलिंग की सरल प्रक्रिया विकसित की है इससे न केवल नए प्रकरणों की फाइलिंग आसान हो जाएगी बल्कि रिकॉर्ड इधर उधर होने से मुकदमा सूचीबद्ध होने में लगने वाले समय में भी बचत होगी

पोक्सो अदालत संख्या तीन अदालत ने आरोपी पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है पिछले साल मार्च में इस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था

ब्यूरो अलवर प्रथम के पुलिस उपाधीक्षक महेंद्र मीणा ने बताया कि परिवादी से एक मामले में कार्रवाई नहीं करने की एवज में एक लाख रुपये रिश्वत की मांग की गई थी